मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल चंडीगढ़ में भारतीय पर्यटन कार्यशाला के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि इससे रोजगार व स्वरोजगार की भी अपार संभावनाएं बढ़ेगी उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को स्वास्थ्य और अच्छी सेहत वाले पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में पहल करते हुए मंडी जिले के जंजैहली में वैलनेस और हेल्थ टूरिज्म सेंटर शुरू करने का फैसला लिया है प्रसारण दिवस आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है

महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के क्रुक्षेत्र में अस्थाई रूप से बसे विस्थापितों को आकाशवाणी से सम्बोधित किया था निधन केन्द्रीय संसदीय कार्य और रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार का आज सुबह बैंगलूरू में निधन हो गया

कैंसर से पीड़ित अनंत कुमार का बेंगलूरू में इलाज चल रहा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है भांग कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने प्रदेश सरकार से औषधीय गुणों के दृष्टिगत भांग की खेती को वैध बनाने की मांग की है कुल्लू में कल पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुंदर ठाक्र ने कहा कि कम टीएचसी वाले भांग के पौधे के उत्पादन से किसानों को लाभ मिलेगा और ड्रग माफिया का कारोबार भी समाप्त होगा

प्रमोटर्स ऑफ सोशल एण्ड कल्चरल हैरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के महासचिव धर्म सिंह ने कल सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज से इस लीग में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचापत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है पहाड़ों पर बर्फबारी कुल्लू चम्बा में अलर्ट हिमाचल में तीन दिनों तक बारिश हिमपात की चेतावनी पंजाब केसरी की सुर्खी है भरमौर की ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात तापमान गिरा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं तीन दिन भिगोएगा अंबर दैनिक भास्कर का कहना है पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ी तापमान सामान्य से तीन डिग्री नीचे दैनिक जागरण के मुताबिक चोटियों पर हिमपात से कांपा हिमाचल अजीत समाचार लिखता है प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में बदला मौसम का मिज़ाज बर्फबारी शुरू राज्यपाल आचार्य देवव्रत के बयान को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया शुभारम्भ अमर उजाला का कहना है रामपुर का लवी मेला शुरू हिमाचल दस्तक लिखता है लवी के बहाने न नशा बिके न जूआ हो अजीत समाचार का शीर्षक है देवभूमि में नशे के लिये कोई स्थान नहीं

पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल प्रदेश को स्वस्थ तथा सेहत वाले पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करेगी सरकार दिव्य हिमाचल की एक खबर है भारत में हिमाचलियों को सबसे ज्यादा जकड़ रही टीबी जबकि अमर उजाला के मुताबिक हिमाचल में अब नई दवा से होगा टीबी का इलाज अब शहरों के स्कूलों से होगा युक्तिकरण हिमाचल दस्तक की एक खबर है भांग की खेती को वैध करो दवाइयों में होगा उपयोग शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को दिया आदेश दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार विश्व बैंक बागवानी प्रोजेक्ट समीक्षा के लिये हुआ सहमत

अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा नशे के खिलाफ पाठ दैनिक भास्कर की एक खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय शोर अच्छा नहीं में लिखा है कि ऊना जिला में ध्वनि प्रदूषण खतरे के स्तर पर पहुंचना सुखद संदेश नहीं देता इसे कम करने के उपायों पर काम करना होगा ताकि शोर परेशानी का कारण न बने